प्रधानमंत्री ने कारोबार सुगमता का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने पर जोर दिया है

प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिये नामांकन का काम पूरा हो गया है

कल पूर्व मुख्यमंत्री अषोक गहलोत ने सरदारपुरा से कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट तथा सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनूस खान ने टोक सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोषी ने नाथद्वारा और गिरिजा व्यास ने उदयपुर से प्रतिपक्ष के नेता रामेष्वर डूडी ने नोखा से कृषि मंत्री प्रभूलाल सैनी ने अंता से उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने झोटवाडा से और मानवेंद्र सिंह ने झालरापाटन सीट से नामांकन पत्र दाखिल किये हैं कांग्रेस और भाजपा के बागी नेताओं की ओर से भी बडी संख्या में नामांकन दाखिल किये गये दूदू से कांग्रेस के बागी बाबू लाल नागर ने भी कल अपना पर्चा दाखिल किया विधायक ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ कल सांगानेर के निर्वाचन अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है मामले के अनुसार कल नामांकन पत्र भरने जा रहे ज्ञानदेव आहूजा ने हाथों में नोट लहराकर उसे अपने समर्थकों को दिया था इस मामले के संज्ञान में आने के बाद निर्वाचन अधिकारी जगत राजेश्वर ने ज्ञानदेव आहूजा पर मुकदमा दर्ज कराया

गौरतलब है कि मतदाताओं को रूपये बांटना प्रलोभन की श्रेणी में आता है

शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बलों की लगभग छह सौ कम्पनियां तैनात की गयी हैं

मतदान शाम पांच बजे तक चलेगा प्रदेशभर में निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान को बढ़ावा देने के लिये नवाचार किये जा रहे है इसी के तहत ऑनलाईन संकल्प पत्र की शुरूआत की गई है

उन्होंने कारोबार सुगमता का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में वृद्धि और विकास के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है

श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश का काया कल्प करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिल कर काम कर रही है प्रधानमंत्री ने कल हरियाणा के गुरूग्राम में पश्चिमी पेरीफेरल एक्सप्रेस वे के कुंडली मानेसर खंड का उदघाटन किया उन्होंने तीन किलोमीटर से अधिक लंबे दिल्ली मैट्रो के एस्कॉर्ट्स मुजेसर बल्लभगढ़ कॉरिडोर का भी उदघाटन किया श्री मोदी ने पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी हरियाणा के ग्रुग्राम में मुख्य परियोजनाओं का उदघाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि दो ढांचागत योजनाओं से संपर्क व्यवस्था में नई क्रांति आएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेस वे दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रद्षण कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगा श्री मोदी ने कहा कि संपर्क व्यवस्था बेहतर होने से रोजगार के नये अवसर मिलेंगे

इसकी शुरुआत द एस्पेरन पेपर्स फिल्म से होगी सबसे आखिर में सील्ड लिप्स फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा

इस महोत्सव में इज़राइल फोकस देश है और झारखंड फोकस राज्य है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा खंड में पंद्रह फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा जिनमें तीन भारतीय फिल्में हैं

ये प्रसारण कल से शुरू हो गया है

राज्य हज कमेटी ने हज यात्रा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है